कहा उद्योग जगत से लेकर श्रमिकों तक को मिलेगी राहत

आज भी विशेष ट्रेनों से हजारों लौटेगें

प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वॉयरस महामारी को देखते हए बीस लाख करोड रुपये से अधिक और भारत के दस प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के बराबर की राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है

उन्होंने कहा कि पैकेज का विस्तृत ब्यौरा अगले क्छ दिनों में वित्तमंत्री दवारा घोषित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था ढांचागत क्षेत्र तंत्र जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण लम्बे समय तक रहेगा लेकिन हमें इसके साथ रहकर जीना होगा

इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गो की राय भी ली जा रही है इसके बाद सरकार अपनी राय से केंद्र सरकार को अवगत कराएगी

वहीं सतना विशेष श्रमिक ट्रेन कल मजद्रों को लेकर सतना पहंची

वहीं विदिशा कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने कल विदिशा जिले के विभिन्न चौराहों पर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया इन चौराहों पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को उन्होंने सख्त निर्देश देते हए कहा कि कोई भी प्रवासी मजद्रर पैदल ना चले इसके प्रबंध स्निश्चित किए जाएं ट्रांजिट प्वॉइंट ग्ना में भी लगातार श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरप्रदेश सीमा तक श्रमिकों को पह्चाने के लिए प्रशासन ने निःश्ल्क बसें लगाई है ताकि किसी को पैदल न चलना पड़े निवाणी कलेक्टर ने भी अधिकारियों को निर्देष दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था कि जाए कि कोई भी मजदूर पैदल चलकर घर ना जाए

शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्ंबई से पलायन कर उत्तरप्रदेश जा रहे एक मजदूर की शिवप्री में हालत बिगड़ गई जांच में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है हालांकि उसके साथियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है सतना में भी कल दो नए मामले सामने आए हैं

ऐसे में लगातार स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे मरीजों की खबरें मन को स्कून दे रही है

इनमें चार व्यक्ति रायसेन जिले के हैं

बड़वानी जिला अब कोरोना म्क्त हो गया है जिले के अंतिम मरीज इकबाल खत्री को कल आइसोलेशन वार्ड से छट्टी दे दी गई इस दौरान इकबाल ने इलाज तथा व्यवस्थाओ की तारीफ की

उमरिया कोरोना वॉरियर उमरिया जिले के घ्नघ्टी गांव की आदिवासी महिला पूनम सिंह ने कोरोना संक्रमण के बीच लोगों के लिए मिसाल पेश की है प्नम का हाल ही में पेट का आपरेशन हआ था इसके बावजूद भी वे घर में मास्क बनाकर लोगों को म्हैया करा रही हैं

इस हादसे में कार सवार पांच कपड़ा व्यापारियों में से चार की मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया है कि छपारा प्लिस से मिली जानकारी के अनुसार ये लॉक डाउन में फंसने के कई दिनों बाद वापस अपने घर लौट रहे थे

श्री शाहिद की इयूटी पर जाने के दौरान हादसे में मौत हो गई थी

कहा उदयोग जगत से लेकर श्रमिकों तक को मिलेगी राहत

आज भी विशेष ट्रेनों से हजारों लौटेगें